प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अनुसंधान डिजायन और उनके देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है

बाइट प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए ये सरकार उनके इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है मैं डिफेंस सेक्टर आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं

यह भी मैं तो भली मांति समझता हूं

उन्होंने कहा कि पूंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों का आयात करने की बजाय निर्यातक देश बनने का प्रयास करना चाहिए

यह पहली बार है जब किसी राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया है वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है वित्तमंत्रो ने कहा कि बजट में चार क्षेत्रों बुनियादी विकास जनस्वास्थ्य मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है

किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है राज्य सरकार ने महिला सामर्थय योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भत्ता मिलने तक वित्तीय सहायता देने को घोषणा की है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

विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप है उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण यह बजट समावेशी विकास के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा उन्होंने कहा कि इसमें हर तबके के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं

उन्होंने कहा कि बजट लोक कल्याणकारी विकासोन्मुख तथा समावेशी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में इज ऑफ लिविंग के लिये सभी बातों का समावेश किया गया है बजट में किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है बाइट प्रदेश में इज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिये हर घर को जल हर घर को बिजली हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारम्भ की गई है खासतौर पर जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है इसमें अब तक किसान अच्छादित था अब किसान के साथ साथ किसार के परिवार का कमांऊ सदस्य बंटाईदार और अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए अगर दुर्घटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो पांच लाख रूपये की सहायता इस बीमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बंटाईदार को या किसान परिवार के सदस्य की दुःखद मृत्यु पर स्वतः ही इस योजना से प्राप्त होगी बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है साथ ही साथ जो किसान परिवार आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य बीमा से कवर नहीं प्राप्त किये है उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोगय योजना के अन्तर्गत पांच लाख रूपये की भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा भी कवर देने का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में इस बार किया है

राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों मे सर्वागीण विकास शिक्षा कौशल विकास बुन्देलखंड में सोलर पम्पों से सिंचाई समेत अन्य बिन्दुओं की सराहना करते हुए बजट को स्वास्थ्य कृषि स्वच्छता सुरक्षा स्वदेशी को बढ़ावा देने वाला बताया

अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्रदास और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास सहित अन्य संतों ने अच्छे बजट के लिये मुख्यमंत्री का आभार जताया अयोध्या में जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने इसे प्रदेश का बहुत ही संतुलित और सर्वश्रेष्ठ बजट बताया

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बजट की सराहना करते हुए इसे राज्य के विकास को गति देने वाला बताया है बाइट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह बजट लाया गया है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में यह बजट सहायक होगा

इस बजट में नौजवानों को रोजगार अधिक से मिल सकता है साथ साथ पर्यटन की द्रष्टि से भी इस बजट में अच्छी व्यवस्था की गई है

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बजट को युवाओं के लिये रोजगार पैदा करने वाला और किसानों की आय बढ़ाने वाला बताया आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बजट से आधारभूत विकास को बल मिलेगा और स्वास्थ्य सूविधाएं भी बेहतर होंगी विपक्ष ने न बजट की आलोचना की है कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि महिलाओं क मुद्द पर सरकार ने अपनी पुरानी बजट घोषणाओं को ही पूरा नहीं किया है और नई घोषणाएं की जा रही है